बजट में किसी प्रकार के नए कर नहीं लगाए गए हैं

बजट में आय के संसाधन जुटाने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है ऐसे में यह तय है कि अगले साल भी प्रदेश सरकार ऋणों पर निर्भर होगी

बजट में प्रमुख तौर पर आठ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इनमें गरीब और अनुसूचित जाति परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर घर बनाने का अभियान शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान प्रदेश में पर्यटन विस्तार के लिए कनेक्टिविटी पर फोक्स बच्चों में कुपोषण खत्म करने का निश्चय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृ षि बागवानी और ग्रामीण विकास और रोजगार सुजन के लिए आधारभूत ढांचा सड़कों ऊर्जा क्षेत्र परिवहन और निवेश पर बल शामिल है

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार अगले तीन सालों में सभी पात्र गरीब अनुसूचित जाति परिवारों के लिए मकान उपलब्ध करवाएगी

इस योजना के तहत सरकार इन विद्यार्थियों को एक एक लाख रूपए का अनुदान देगी

उन्होंने अगले वित्त वर्ष के दौरान तत्तापानी से सलापड़ के बीच बोट सेवा शुरू करने सोलंग वैली और अटल सुरंग को नए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने तथा मंडी के बगलामुखी और नारकंडा से हादू मंदिर के बीच रोपवे निर्माण शुरू करने की भी घोषणा की